श्री पासवान ने कहा कि सरकार संसद के वर्तमान सत्र में ही विधेयक लेकर लाएगी

इसमें काउंटर गारंटी तथा ब्याज में दो प्रतिशत छूट दी जाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी

उद्योग आयुक्त डॉ समित शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर राष्ट्रीय स्तर के बुनकर पुरस्कारों के वितरण के साथ ही इस साल के राज्य स्तरीय बुनकर पुरस्कारों का वितरण भी इस समारोह में किया जाएगा उन्होंने बताया कि इससे पहले केन्द्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय हाथकरघा दिवस चेन्नई बनारस और गोहाटी में आयोजित किए गए है उन्होंने बताया कि हथकरघा क्षेत्र में राज्य के उल्लेखनीय योगदान और पहचान के मद्देनजर केन्द्र सरकार ने इस साल का हथकरघा दिवस जयपुर में आयोजित करने का निर्णय लिया है

इस जनगणना में समय मानव श्रम और घन में कैसे कमी लाई जाए इस पर विचार भी किया जायेगा

संमागीय आयुक्त ने कहा कि जनगणना राष्ट्रीय महत्व का एक बड़ा कार्य है और इसमें प्रत्येक चरण को अत्यधिक सावधानी के साथ समय पर पुरा किया जाना है

जिले के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि इन केन्द्रों पर उपमोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता की जैनरिक दवाईयां सस्ती दरों पर मिल सकेगी

स्क्रिनिंग के माध्यम से इनको स्थाई किया जायेगा स्थाई होने पर व्यवस्थापकों को नियमित ग्रेड पे जैसी सुविधाएं मिलेंगी

चालक मौके से फरार हो गया वहीं जीप में सवार अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया